कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव गृह मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव भी उपस्थित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार आ रही कमी और निरन्तर बेहतर हो रही रिकवरी दर से आशाजनक संकेत मिल रहे हैं

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूरी सक्रियता से टेस्टिंग जारी रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं की टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की कार्यवाही में तेजी लायी जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि गॉव को संक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वृहद जाँच अभियान संचालित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि निगरानी समितियाँ गॉव में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं यह समितियां होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तथा संदिग्ध लक्षण युक्त लोगों को मेडिकल किट वितरित कर रही है मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही तेजी से करने और स्वच्छता सेनेटाइजेशन और फागिंग अभियान पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस की बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिये हैं कि इस बीमारी के लिए सभी प्रकार की दवाइयों का इन्तजाम कर लिया जाये साथ ही सभी जनपदों में चिकित्सकों को भी इस सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाये जिससे अमूल्य जीवन को बचाया जा सके इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों को ब्लैक फंगस के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज बताया कि बीते चौबीस घंटे में एक हजार दस मीट्रिक टन से अधिक आक्सीजन की आपूर्ति की गयी सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट्स के माध्यम से चौसठ दशमलव तीन शून्य मीट्रिक टन ऑक्सीन की सप्लाई भी हुई उन्होंने बताया कि गत चाबीस घंटे में होम आइसोलेशन के तीन हजार नौ सौ मरीजों को उन्तीस मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सिलेण्डरों के माध्यम से की गयी श्री अवस्थी ने बताया कि पहली बार लिण्डे कम्पनी द्वारा ट्रेन के माध्यम से गोरखपुर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी उन्होंने बताया कि गृह विभाग में बने विशेष कन्ट्रोल रूम से लगातार चौबीस घंटे ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानो की जा रही है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल की प्रेरणा से फिनोलेक्स इण्टस्ट्रीज लिमिटेड एवं माधव फाउण्डेशन ने लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सहायता के लिए पन्दह आक्सीजन कंसेनट्रेटर और बारह वेंटीलेटर राजभवन में उपलब्ध कराये हैं माधव फाण्डेशन के प्रतिनिधि ने आज लखनऊ में बताया कि इन मेडिकल उपकरणों के अतिरिक्त मास्क दस्ताने पीपीई सूट थर्मोस्नेकर आक्सीमीटर और आक्सीजन कंसेनट्रेटर भी दान किया जा रहा है उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जिलों में भी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आवश्यकता को पूरा किया गया है

इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है अगले महीने से इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन डॉ रेड्डी लैब कंपनी द्वारा किया जाएगा यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है और फिर इस वायरस के फैलने को रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है इस दवा के प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से पता चला है कि इससे कोविड के मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम होती है इस दवा का देश में आसानी से उत्पादन और वितरण किया जा सकता है डीआरडीओ ने एक ऑक्सीकेयर प्रणाली भी विकसित की है जिससे रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर की जा सके इस प्रणाली के माध्यम से रोगी के शरीर में कम दवाब और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के जरिए अपने आप ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है प्रदेश में कोरानो के मामलों में कमी देखी जा रही है पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार पॉच सौ सैतालिस नये मामले आये हैं अब प्रदश म एक लाख सत्हत्तर हजार छः सौ तैतालिस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में अठ्ठाइस हजार चार सौ चार लोग कोरोना से स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने बताया कि तीस अप्रैल को लगभग अड़तीस हजार कोरोना के सबसे अधिक मामले आये थे जिसके मुकाबले आज लगभग सोलह हजार कम मामले आये हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट सत्तासी दशमलव नौ शून्य प्रतिशत हो गया है

इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त इस कोविड अस्पताल के शुरू हो जाने से कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज मिलेगा इस कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए पचास बेड की व्यवस्था की गयी जिसमें दस बेड आईसीयू चार बेड इमरजेन्सी के लिए रखे गये हैं

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो तो वह रायफल क्लब से डाक्टर का मूल पर्चा और आधार कार्ड दिखाकर प्रति मरीज तीन डोज खरीद सकता है जिसकी कीमत अठ्ठारह सौ रूपये प्रति इंजेक्शन निर्धारित की गयी है उन्होंने बताया कि रेडक्रास सोसाइटी के माध्यम से यह इंजेक्शन रायफल क्लब में प्रतिदिन मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है

उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की है गंगोत्री मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल खोले गए थे कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्वालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई प्रजारियों को भी सीमित संख्या में पारंपरिक अनुष्ठा्न करने की अन्मति दी गई उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए पहले ही इस साल चार धाम यात्रा स्थगित कर दी है